राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई तीन सौ सतहत्तर कल सत्ताईस नए मरीज मिले

केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में आज से रांची से भी घरेलू विमान सेवा षुरू हो गई है फिलहाल नौ विमानों का परिचालन दिल्ली मुंबई और हैदराबाद के लिए षुरू किया जा रहा है यात्रियों के लिए सोषल डिस्टेंसिंग के साथ ही संकमण से बचाव के लिए पूरी तैयारी की गयी है इस संबंध में राज्य के परिवहन विभाग द्वारा राज्य में टैक्सी के परिचालन के लिए विस्तृत निर्देष जारी किया गया है

एयरपोर्ट आने जाने के लिए लोगों को दिए गये निर्देषों का पालन करना होगा दिल्ली हवाई अड्डे से आज सुबह से घरेलू उड़ानें चरणबद्व तरीके से शुरू हो गई

दिल्ली हवाई अड्डे की संचालक कम्पनी ने बताया है कि हवाई अड्डे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोरोना से संबंधित सभी परामर्शों के पालन के प्रबंध किये गये है स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखने को कहा गया है राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल जानकारी देते हुए बताया कि उडान सेवा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर्वतीय राज्यों द्वीपों और अन्य छोटे मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने विमानों जहाजों और सड़क मार्ग से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार सभी यात्रियों को विमान या जहाज में चढने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे यात्रा समाप्त होने के बाद अनिवार्य रूप से चौदह दिन के पृथकवास में रहेंगे इसमें सात दिन का सशुल्क संस्थागत क्वारंटीन भी शामिल होगा इसका खर्च यात्री खुद वहन करेंगे इसके अलावा उन्हें विशेष परिस्थितियों में अगले सात दिन खुद अपनी निगरानी में घर पर ही क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है यह अनुमति मानवीय संकट ंगर्भवती महिलाओं परिवार में मृत्यू गंभीर बीमारी तथा दस वर्ष से छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता पिता के लिए दी जा सकती है यात्रा शुरू होने से पहले यात्रियों को टिकट के साथ ही दिशा निर्देशों की सूची भी संबंधित एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी यात्रा शुरू होने के पहले सभी यात्रियों को स्वघोषित फार्म की दो प्रतियां भरकर देनी होंगी इनमें से एक प्रति हवाई अड्डे बंदरगाहों तथा सीमा प्रवेश चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य और आव्रजन अधिकारियों को दी जाएंगी ये फार्म आरोग्य सेतु ऐप पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे हवाई अड्डों तथा विमानों के अंदर संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे

पिछले छह दिनों में औसतन चौबीस कोरोना संक्रमित प्रतिदिन मिल रहे हैं कल सत्ताईस नये कोरोना संक्रमित पाये गए राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या तीन सौ सतहत्तर हो गयी है राज्य के खूंटी और साहिबगंज जिले में कोरोना का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है रामगढ़ जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन हाई अलर्ट पर है

सूरत से आने पर स्क्रीनिंग के बाद इन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था स्कीनिंग के दौरान सभी का सैंपल संग्रह कर धनबाद पीएमसीएच भेजा गया था जहां कल देर रात प्राप्त रिपोर्ट में सभी कोरोना पॉजिटिव पाये गए हैं

केन्द्र सरकार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जारी लॉक डाउन में गरीबों को नकद राशि देकर आर्थिक रूप से मदद कर रही है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

मुस्लिम धर्मगुरूओं ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल अपने घर पर ही नमाज अदा करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने ईद उल फित्र पर देशवासियों को शभकामनाएं दी है राष्ट्रपति ने ईद के त्यौहार को प्रेम शांति भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बताया है

उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कहा कि ईद का त्यौहार समाज में दया दान और परोपकार की भावना को मजबूत करता है श्री नायडू ने कहा कि संकट की इस घड़ी में लोगों को कोई भी त्यौहार सामाजिक दूरी तथा साफ सफाई के नियमों का पालन करते हुए मनाना चाहिए उन्होंने उम्मीद जताई कि ईद का पावन त्यौहार सभी लोग दया तथा एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के साथ मनाएंगे राज्यपाल द्रोपदी मुर्म और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को ईल उल फित्र की शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेष में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईद शांति और एकता के प्रतीक है उन्होंने लोगों से हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाये जाने की अपील की एदार ए षरिया के नाजीमे आला मौलाना कृतुबुदीन रिजवी और इमारत ए षरिया के मुफ्ति मोहम्मद अनवर कासमी ने घर पर ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की है बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का कल निधन हो गया श्री सिंह पिछले एक महीने से बीमार चल रहे थे और उन्हें गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था फेंफड़े में संकमण की समस्या का ईलाज करा रहे श्री सिंह को गंभीर हालत में एयर एंबुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाया गया था बेरमो विधायक के निधन की खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भाजपा प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष सहित अन्य नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि श्री सिंह राजनीति से उपर उठकर हमेषा मानव समाज के हित की बात सोचते थे श्री सिंह के निधन पर कोडरमा से कांग्रेस के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह मजदूर नेता एनपी सिंह बुल्लू गांडेय के विधायक सरफराज अहमद गिरिडीह के विधायक सुदीव्य क्मार सोनू पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवीन्द्र राय ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमेशा दलगत राजनीति से हटकर काम करते रहे राजेन्द्र प्रसाद सिंह की अंत्येष्टि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैत्रिक निवास से की जायेगी

इनके पास से एक मोटरसाईकिल भी बरामद हुआ है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने खेलो इंडिया के तहत दो हजार सात सौ से अधिक खिलाड़ियों के लिए आठ करोड़ रूपये से अधिक की राषि निर्गत की है क्ल दो हजार आठ सौ तिरानवें खिलाड़ियों को आउट ऑफ पॉकेट एलाउंस ओपीए दिया जाना है बाकि एक सौ चौवालीस खिलाड़ियों को इस महीने के अंत में राषि दी जायेगी